उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसानो की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है श्री चौहान ने गरीबों को पक्के मकान पट्टे बिजली स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार की विभिन्न योजनाओं का जिक करते हुए कहा कि भाजपा विकास के लिए कटिबद्ध है जीएसटी बैठक वस्तु और सेवाकर परिषद ने पचास से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी की है वहीं सेनेटरी नैपकिन राखी स्टोन मार्बल लकड़ी की मूर्तियोँ तथा साल पत्तों को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया है

वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद अब राजस्व संग्रह के अलावा रोजगार सुजन पर भी ध्यान देगी उन्होंने कहा कि परिषद ने संशोधनों को मंजरी दे दी है अब इन्हे संसद में पारित किया जायेगा

श्री गोयल ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन आयुष्मान भारत के तहत प्रीमियम जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है गडकरी दौरा केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कल से प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे श्री गडकरी गुना में आयोजित विकास पर्व और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को राशि वितरण करने के साथ ही कई विकासकार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे चलित थाना शिवपुरी जिले के पडोरा में कल चलित थाने का आयोजन किया गया इस दौरान पुलिस अधीक्षक राजेश हिंगणकर सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने इस चलित थाना शिविर में दो सौ चौवन आवेदनों में से एक सौ पचास आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस चलित थाने का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करना है ताकि उन्हे अपनी समस्याओं के लिए जिला मुख्यालय तक नहीं आना पडे उन्होंने बताया कि चलित थाने का कम पुरे जिले में शुरू किया गया है अभी तक दो शिविर लगाये जा चुके हैं भविष्य में अन्य स्थानों पर भी ये शिविर लगाये जायेंगे

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के क्छ जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में एक बार फिर अच्छी बारिश के आसार बन रहे है अरब सागर में बन रहे सिस्टम से आने वाले दिनों में अच्छी बारिश हो सकती है आज रात से ही तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है जो तीन दिन तक जारी रहने की आशंका व्यक्त की गयी है

शिवपुरी जिले में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश से मौसम सुहावना होने के कारण विभिन्न पर्यटनस्थलों पर पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है मुरैना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि नगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के फददीपुरा गांव में आज सुबह मकान की दीवार ढह जाने से एक महिला की मौत हो गई

इस मौके पर किसानों के लिए मिट्टी पानी और पर्यावरण की आवश्यकता पर बल दिया गया